उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है श्री मोदी ने कहा कि कल पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीये मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें

ये उजागर होगा प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कल रात नौ बजे दीप या मोमबत्ती जलाते समय एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेमाल न करें

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भूगतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हए नुकसान का सर्वेक्षण और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में सुनिश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि राज्य कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने संबंधी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिस्तरों और वेंटीलेटरों की उपलब्यता संबंधी सभी तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दूर्वयवहार और पुलिस कर्मियों पर हमले के मुद्दे पर श्री तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया है

ये ट्रिपल लेयर मास्क खादी से बने होंगे और उन्हें ध्लने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा ग्रामीण इलाके के लोगों को अपने मूंह पर गमछा लगाने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मास्क मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के कडे निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि ये जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि दोपहर और शाम के भोजन के समय का पालन सुनिश्चित हो

इनमें से एक अहरौरा और दूसरा जमालपुर का रहने वाला है पुलिस ने अलग अलग इलाकों के नौ तबलीगी जमात के सदस्यों को विन्ध्याचल में क्वारंटीन किया है इनमें से छह दिल्ली के निजामुददीन से लौटे थे मिर्जापुर में कोरोना के इन दो मामलों की पुष्टि के बाद सतर्कता और बढ़ा दी गयी है प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और आपस में स्रक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है औरैया जिले में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के तेरह सदस्यों में से चार की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है जिलाधिकारी ने बताया कि जमात के चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है शामली जिले के रहने वाले इन सभी तेरह लोगों को पुलिस ने खानपुर मदरसे से लाकर क्वारंटीन किया है कुशीनगर जिले के हाटा कखे के क्वारंटीन केंद्र से बारह युवकों के फरार हो जाने के मामले में एक सब इंस्पेक्टर सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है क्वारंटीन केंद्र से दो दिन पूर्व बिहार के बारह युवक चहारदीवारी फांदकर फरार हो गये थे गोण्डा जिले की तरबगंज तहसील के थाना उमरी बेगमगंज के मझवार परास पट्टी में कल शाम मनरेगा भुगतान में गड़बड़ी की सुचना पर जांच के लिए गयी टीम पर कृछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया जिसमें जांच दल के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गये इनमें से र्दो लोगों की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यू हो गयी पुलिस ने हमला करने वाले ग्यारह आरोपियों को कल रात छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया मामले में उमरी बेगमगंज के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है